आज विश्व रेडियो दिवस है

इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा आज हम उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं को लुभाया है

इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने विश्व रेडियो दिवस पर कहा कि रेडियो संचार का एक लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सूचना और मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को श्भकामनायें दी हैं उन्होंने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत सुनाने वालों को भी बधाई दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु और केरल जाएंगे श्री मोदी चेन्नई में अर्जुन टैंक सेना को सौंपेंगे इस युद्धक टैंक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के युद्धक वाहन अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान ने सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अन्य उद्यमों के सहयोग से देश में ही डिजाइन विकसित और निर्मित किया है श्री मोदी चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उद्घाटन भी करेंगे और वाशरमेनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवाओं की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री चेन्नई से अत्तिपट्ट के बीच चौथी रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री केरल यात्रा के दौरान भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के प्रोपलीन आधारित पेट्रोरसायन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी कोच्चि के विलिंगडन द्वीप समूह में रो रो वेसल्स को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इस्टीट्यूट विज्ञान सागर का भी उद्घाटन करेंगे इसके अलावा वह कोच्चि बंदरगाह में साउथ कोल बर्थ के प्नर्निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे झारखण्ड समेत देश भर में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज से आरंभ हो गया है

राज्य के प्रतिरक्षा पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि आज झारखंड के अड़तालीस केंद्रों पर तीन हजार दो सौ स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे चरण का टीका लगाया गया है

मंत्रालय का कहना है कि देश में इस समय मृत्यु दर एक दशमलव चार तीन प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची स्थित आवास में शहीद वीर बुधु भगत की शहादत दिवस पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी में अमर शहीद वीर बुध् भगत का योगदान अतुलनीय है सभी झारखंड वासियों को उनपर गर्व है श्री सोरेन ने कहा कि वीर बुधु भगत की शहादत हमें उनके आदर्शों एवं अपनी माटी के प्रति सच्ची निष्ठा निभाने के लिए प्रेरित करता है जल संसाधन सह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने जल संवाद कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत घरों को जल जीवन मिशन से जोड़ने का निर्देश दिया है

इसके लिए जल सहिया समूह को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की आवश्यकता है बैठक के दौरान उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत देवघर में किए गए अब तक के कार्यों के बारे में जानकारी दी झारखंड लोकसेवा आयोग ने परीक्षा के शुल्क को घटा दिया है

इस सम्बन्ध में आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी

यहाँ वे समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे रेल मंत्रालय ने फिर कहा है कि सभी यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन को दोबारा शुरू करने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से सभी यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में मीडिया में कई तरह की गलत खबरें आ रही हैं मंत्रालय के अनुसार रेलवे श्रेणीबद्ध तरीके से रेल सेवाओं की संख्या बढ़ा रहा है

मंत्रालय ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज हजारीबाग में मजदूरों को सम्मानित किया इस अवसर पर बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद और बगोदर के विधायक विनोद सिंह समेत विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे कार्यक्रम में लॉकडाउन के दौरान वापस आए प्रवासी मजदूरों को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया हजारीबाग जिले में कुपोषित बच्चों के उपचार को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है

घटनास्थल पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर राष्ट्रीय उच्च पथ को जाम कर दिया

वहीं अजिंक्य रहाणे से अर्धशतक लगाया